बाकी अपराधियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जायेगा उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला प्रदेश के उन गरीब महिलाओं और किसानों पर हमला है जिन्होंने इस यात्रा को समर्थन दिया है उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना की कडी निंदा करते हए इस दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये आज भोपाल में जारी बयान में उन्होंने कहा कि इसके दोषी सामने आना चाहिये और उन पर कडी से कडी कार्यवाही होना चाहिये उन्होंने ये भी कहा कि बिना सबूत के कांग्रेस पर आरोप लगाना भी उचित नही है एससीएसटी एक्ट उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससीएसटी एक्ट के अध्यादेश के खिलाफ प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है इस दौरान केन्द्रीय मंत्रियों और प्रदेश के कई नेताओं की सभाओं में लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया ग्वालियर में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के निवास पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया वहीं एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रही नगरीय विकास मंत्री माया सिंह के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया उधर गंजबासौदा में आमसभा संबोधित करने आये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को रोककर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया गौरतलब है कि सवर्ण समाज और अन्य पिछडा वर्ग द्वारा एससीएसटी एक्ट अध्यादेश का विरोध प्रदेश में किया जा रहा है

शाही सवारी के साथ जन्माष्टमी होने के कारण जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिये व्यापक इंतजाम किये हैं

महाकालेश्वर मंदिर में मराठी पंचांग के अनुसार श्रावण एवं भादौ महीने के प्रत्येक सोमवार को सवारी निकाली जाती है वहीं शाजापुर के गरासिया घाट स्थित नीलकंठेश्वर महादेव की सवारी भी आज निकाली जायेगी झांकी में आकर्षक बैंड पर बजते मध्रगीत की प्रस्तुति होगी सवारी की शुरूआत में पहले शहीद फौजियों के परिजनों का सम्मान किया जायेगा जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व जन्माष्टमी आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं राज्यपाल श्रीमती पटेल ने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने दुनिया को सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाईयों का सामने करने की सीख दी है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्भकामना संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन भक्ति ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है मोपाल सेन्टल जेल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृष्ण जन्मोत्सव कार्यकम में शामिल हये वहीं श्री चौहान इंदौर और सागर की खुली जेल के साथ रीवा जिले की त्यौंथर और उज्जैन के बड़नगर उपजेल का लोकार्पण भी करेंगे उघर उमरिया जिले में स्थित बांघवगढ नेशनल पार्क स्थित पहाड में वर्ष में एक बार आज के दिन खूलने वाले मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्वालू पहुंचे होशंगाबाद में भी खास झुले खरीदे गये है रंग बिरंगी पोषाकों से श्रीकृष्ण का सजाया जा रहा है मंदिरों के साथ साथ घरों में भी खूबसूरत झांकियां सजाई गयी है सतनाशिवपूरी सहित अन्य जिलों से भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाये जाने के समाचार मिले है मौसम मौसम विमाग ने प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान बीस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है बुंदेलखंड क्षेत्र में बीते दो दिन से जारी बारिश ने टीकमगढ और दतिया जिले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है ओरछा में बेतवा नदी उफान पर है जिससे निचले हिस्सो में जल भराव की रिथति निर्मित हो गयी पर्यटन नगरी का जिले के साथ ही झांसी से भी संपर्क कुछ समय के लिए टूटा रहा मुरैना जिले में लगातार बारिश के चलते कोतवाल और पिलुआ डेम का जल स्तर बढ़ने से उनका एक एक गेट खोला गया है आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है राजघानी भोपाल में पिछले एक सप्ताह से रिमझिम फुहारों के दौर से कल हल्की राहत मिली हांलांकि दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान टीकमगढ छतरपुर पन्ना सागर दमोह गुना ग्वालियर दतिया अशोकनगर शिवपुरी भिंड मुरैना श्योपुर राजगढ आगर नीमच तथा मंदसौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है